स्कूल गणवेश राज्य सरकार चालू शिक्षा सत्र में कक्षा पहली से आठवीं तक के सभी छात्रों को गणवेश निःशुल्क प्रदान करेगी इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सभी छात्रों को आगामी चौदह अगस्त तक गणवेश प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए गणवेश का वितरण घर घर जाकर किया जाएगा इस योजना में प्रत्येक छात्र को दो जोड़ी गणवेश निःशुल्क दिया जाएगा कोरोना मरीज प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है राजधानी रायपूर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई थी जिसमें वे कोरोना पॉजीटिव मिले हैं दुर्ग जिले में आज तीस नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाक्र ने बताया कि नगर पंचायत पाटन के अटारी वार्ड में एक ही परिवार के पांच सदस्य और पड़ोस में रहने वाले दो लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इससे पहले कल दुर्ग जिले में मुख्यमंत्री निवास के सुरक्षाकर्मी सहित सात व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले थे इधर रायगढ़ जिले में आज पंद्रह नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है वहीं महासमुंद जिले में बीती रात आठ नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें चार मरीज जिला जेल के कैदी हैं वहीं चार मरीज सरायपाली क्षेत्र से मिले हैं प्रदेश में कल बीती रात तक एक सौ इकयासी मरीज मिले थे इस तरह राज्य में अब तक मिले कोरोना पॉजीटिव लोगों की संख्या बढ़कर नौ हजार छह सौ आठ हो गई थी फिलहाल ढ़ाई हजार से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है राज्य में बीती रात तक कोरोना संक्रमण से अंठावन लोगों की मृत्यु हो चुकी है राजभवन कोरोना कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए राजभवन आगामी नौ अगस्त तक सात दिनों के लिए बंद रहेगा इस दौरान राजभवन सचिवालय का संचालन नहीं होगा और इस अवधि में राजभवन में सभी भेंट और मुलाकातों पर प्रतिबंध रहेगा साथ ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई गई है पर्यटन तुरतुरिया राज्य सरकार ने तुरतुरिया को ईको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है साथ ही शिवरीनारायण के महत्वपूर्ण स्थलों के विकास के लिए भी कार्ययोजना तैयार की गई है बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित तुरतुरिया के वाल्मिकी आश्रम और उसके आसपास के स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा साथ ही महानदी पर वाटर फ्रंट का निर्माण भी किया जाएगा इन स्थानों पर पर्यटकों के लिए कॉटेज भी बनाए जाएंगे इसके अलावा तुरतुरिया के करीब स्थित शिव मंदिर का भी जीर्णोद्वार कर इसे पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है इसी तरह महानदी जोंक और शिवनाथ नदियों के संगम पर स्थित जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण को भी पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कुल पचहत्तर ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां मान्यता के अनुसार भगवान राम वनवास के दौरान रूके थे या जहां से वे गुजरे थे इन स्थानों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने राम वनगमन पथ परियोजना शुरू की है इधर बस्तर जिले के रामपाल और सुकमा जिले के रामाराम को भी राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में शामिल कर इनके सौंदर्यीकरण और विकास की योजना तैयार की है मान्यता है कि भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण भारत में प्रवेश करने से पहले रामपाल में शिवलिंग की स्थापना कर आराधना की थी विश्व संस्कृत दिवस विश्व संस्कृत दिवस आज मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत भाषा के संवर्धन और अध्ययन अध्यापन में लगे सभी लोगों को बधाई दी है श्री मोदी ने कहा कि संस्कृत सुंदर भाषा है जिसने कई वर्षो तक भारत का ज्ञान भंडार बनाए रखा उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि संस्कृत को और लोकप्रिय बनाने के लिए काम करें इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशवासियों को बधाई दी हैं श्री जावड़ेकर ने कहा है कि भारत के वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों की रचना संस्कृत में की गई थी उन्होंने कहा कि संस्कृ त भाषा कई अन्य भाषाओं की जननी है नेता प्रतिपक्ष बयान छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बलरामपुर जिले में एक महिला की मौत के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच तीन सदस्यीय भाजपा विधायकों का दल करेगा इस दल में शिवरतन शर्मा नारायण चंदेल और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी होंगे श्री कौशिक ने इस घटना की निंदा करते हुए राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग देने भी कहा है गौरतलब है कि वाड्रफनगर की गैना निवासी एक महिला को उपचार के लिए उसका पति अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ले जा रहा था लेकिन रास्ते में कथित रूप से पुलिस बैरियर पर रोके जाने के दौरान महिला की मौत हो गई आकाशवाणी समाचार महानिदेशक भारतीय सूचना सेवा के उन्नीस सौ छियासी बैच के अधिकारी जयदीप भटनागर ने आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है इसके पहले वे प्रसार भारती में पश्चिम एशिया संवाददाता और पत्र सूचना कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं श्री भटनागर ने पूर्व प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी का स्थान ग्रहण किया है जो बीते इकतीस जुलाई को सेवानिवृत्त हो गई थीं

देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का चौदह प्रतिशत का योगदान है और देश की जनसंख्या का पचपन प्रतिशत हिस्सा खेती से जुड़ा है इसलिए कृषि सरकार के लिए प्राथमिता वाले क्षेत्रों में शामिल है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम प्रधानमंत्री फलस बीमा योजना प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना जैसे कार्यक्रमों से किसान लाभान्वित हो रहे हैं उत्पादन से लेकर विपणन तक सरकार हर बिंदू पर जोड़ दे रही है

कृषि बजट को सरकार ने बढ़ाकर डेढ़ लाख करोड़ रुपए कर दिया है

देश में दस किसान उत्पादक संगठन एसपीओ का गठन किया जा रहा है और सरकार एसपीओ को सहयोग प्रदान करेगी अन्नदाता सुखी भव के मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी सरकार किसानों तक प्राद्योगिकी को पहुंचाने और किसानों को वैश्विक मूल्य श्रंखला में और अधिक प्रतिस्घ्पर्धी बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है दुर्घटना प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में सात लोगों की मौत हो गई वहीं पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं कोरबा जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई वहीं तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह अंबिकापुर कटघोरा मार्ग पर परला के पास चारपहिया एक वाहन खड़ी ट्रेलर से टकरा गई इस घटना में चारपहिया वाहन में सवार महिला और वाहन के चालक सहित दो अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कोरबा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं बालोद जिले में डॉंडीलोहारा राजनांदगांव सड़क पर खैरीडीह गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से पिता और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई इधर जांजगीर चांपा जिले के सारागांव के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं

राखी बहन के प्रति भाई के प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है आज के दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षासूत्र बांधती है और उसे मिठाई खिलाती है भाई भी अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उपहार देता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी हैं रक्षाबंधन का पर्व छत्तीसगढ़ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने खम्हारडीह स्थित अनाथालय में बच्चियों के साथ ही नारी निकेतन की महिलाओं से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया इस दौरान एक एनजीओ द्वारा बालिकाओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्ट फोन प्रदान किए गए वहीं प्रशासन की ओर से सभी बालिकाओं को मास्क फेसशील्ड सेनिटाईजर और साबुन दिए गए

इस मौके पर पुलिसकर्मियों ने शहीद और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्यों को राखी मिठाई और मास्क प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया वहीं राजनांदगांव जिले में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने में पुलिसकर्मियों को राखी बांधी इसके अलावा पूर्व महापौर शोभा सोनी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए गए अभियान से जुड़े कर्मचारियों को भी सम्मानित किया इसी तरह महासमुंद जिला चिकित्सालय में रक्षाबंधन के अवसर पर कोरोना योद्वाओं का सम्मान किया गया जिंदगी चुनो तम्बाकू नहीं की थीम पर एक दूसरे को सेनिटाईज कर राखियां बांधी गईं उधर दंतेवाड़ा जिले में मां दंतेश्वरी को रूई के धागे से बनाकर राखी बांधी गई बीते कई वर्षो से चली आ रही इस प्रथा के तहत रक्षाबंधन के अवसर पर रूई का धागा बनाकर उसे प्राकृतिक रंगों से रंगने के बाद मां दंतेश्वरी को राखी बांधी जाती है रायगढ़ फेसमास्क अभियान रायगढ़ जिले में एक ही दिन में करीब पंद्रह लाख फेसमास्क वितरित किए जाने के अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है मिली जानकारी के अनुसार आज रायगढ़ जिले में एक साथ करीब चौदह लाख सतयासी हजार मास्क बांटे गए और यह काम रायगढ़ पुलिस की मुहिम एक रक्षासूत्र मास्क का के तहत किया गया इस अभियान में रायगढ़ जिले की पुलिस ने बारह लाख सैंतीस हजार मास्क बांटे वहीं विभिन्न संस्थाओं और लोगों ने भी ढ़ाई लाख से अधिक फेसमास्क वितरित किए इस जागरूकता अभियान के लिए मास्क से भरे पुलिस वाहनों को कल रायगढ़ जिले के अलग अलग इलाकों के लिए रवाना किया गया था जहां आज सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक लोगों को मास्क बांटे गए मास्क का वितरण चौक चौराहों से पेट्रोल पम्पों से और राखी तथा मिठाई की दुकानों से किया गया साथ ही घर घर जाकर भी मास्क का वितरण किया गया इस अभियान के तहत एक सौ चौदह वाहन लगाए गए थे और इसमें तीन सौ बासठ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से साढ़े सात हजार से अधिक वॉलिंटियर्स ने अपनी भागीदारी निभाई ट्रेन परिचालन हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेन पांच अगस्त को हावड़ा स्टेशन के स्थान पर छह अगस्त को राउरकेला स्टेशन से छूटेगी आधिकारिक जानकारी के अनुसार पांच अगस्त को हावड़ा से मुंबई के लिए छूटने वाली हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेन हावडा स्टेशन के स्थान पर राउरकेला स्टेशन से छह अगस्त को मध्यरात्रि दो बजकर ग्यारह बजे छूटेगी यह गाड़ी हावड़ा और राउरकेला स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी वहीं चौदह और इक्कीस अगस्त को मुंबई से हावड़ा तक चलने वाली मुंबई हावड़ा स्पेशल ट्रेन राउरकेला स्टेशन तक चलेगी यह गाड़ी राउरकेला और हावड़ा स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है इधर प्रदेश में एक जून से लेकर अब तक कुल पांच सौ पैंसठ मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है प्रदेश में सबसे अधिक बारिश कोंडागांव जिले में आठ सौ संतावन दशमलव नौ मिलीमीटर और सबसे कम कबीरधाम जिले में तीन सौ आठ मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है संक्षिप्त समाचार रायपुर के रजबंधा मैदान में मीडियाकर्मी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों की पतासाजी के लिए चालीस सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई है बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को झारखंड से गिरफ्तार किया है इनके पास से साढ़े सात लाख रूपये बरामद किया गया है

इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है